जिसके तहत अब झारखंड के सभी जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़कर तीन सौ बासठ हो गया है

इस समय राज्य में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या दस हजार चार सौ तिरसठ है रिकवरी रेट सरसठ दशमलव पांच शून्य फीसदी हो गया है

जिले में अभी तक कोरोना के छह सौ सैंतालीस मामले मिले हैं

कोरोना मरीजों की जांच के लिए जमश्रेदपुर के सिद्धगोरा बिरसा मुंडा नगर भवन में मंगलवार से स्थाई केंद्र खोला गया है यहां रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटीए की सहायता से जांच की जा रही है

लोगों को अपना पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी है

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षा कराते समय पूरी ऐहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाए किए जाएगे एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि एक केन्द्र में विद्यार्थियों के अलग समूहों को अलग अलग समय आवंटित किया गया है परीक्षकों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया गया है जेईई मेन्स और नीट अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी

सितंबर में होने वाली जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित करने के केन्द्र सरकार के फैसले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विपक्षी दलों ने बैठक की इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुये विचार विमर्श के बाद झारखंड समेत सात राज्यों ने केन्द्र सरकार से कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने की मांग की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को स्रक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें

देश के प्रतिभावान बच्चों व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं पुरस्कारों की दो श्रेणी हैं बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिए जाते हैं बोकारो जिले के उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत जिले के बैकों को ऋण उपलब्ध कराने में गति लाने को कहा है

उपायुक्त भोर सिंह यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी

अधिकारियों ने कहा कि सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से शत प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को टीवी मलेरिया कालाजार जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए राज्य सरकार ने देवघर के प्रसिद्ध बैधनाथ धाम मंदिर और दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम मंदिर में दर्शन के लिए सशर्त इजाजत दी है

साथ ही बाबा मंदिर आने वाले श्रद्दालुओं को मास्क सैनिटाइजर के उपयोग एवं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप अन्य स्वास्थ्य संबंधी मानकों का अनुपालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हए उपायुक्त ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा को प्रभावी रूप से जल्द लागू करने निर्देश मंदिर प्रभारी एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी को दिया हैं

वहीं पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के चलते पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है वहीं कल रात एक मकान के ढहने की वजह से उसमें दबकर एक बच्चे की मौत भी हो गई है घटना सदर प्रखंड के कांकुसी गांव की है इधर सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं वहीं चतरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हंटरगंज प्रखंड से होकर गुजरने वाली लीलाजन नदी उफान पर है

और अब एक नजर आज के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियों पर कोरोना संकट के बीच नीट और जेईई की परीक्षा आयोजित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय पर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी को आज के सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की इस शीर्षक के साथ दैनिक भाष्कर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज से बाबा बैजनाथ मंदिर खुलेगा इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक अखबार प्रभात खबर ने जेईई मेन और नीट परीक्षा सिर्फ पांच जिलों में ही आयोजित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई दलों के केन्द्र के फैसले के विरोध में परीक्षा स्थगित करने की मांग की खबर को भी अपनी सुर्खी बनायी है बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच जेईई और नीट के आयोजन की तैयारी इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है बकौल हिन्दुस्तान झारखंड समेत सात राज्य जेईई नीट के विरोध में इसे पहली खबर बनायी है वहीं रांची एक्सप्रेस शर्तों के साथ बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ में पूजा की अनुमति की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है साथ ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के छात्रों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही स्कूल खोले जाने के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए परिवहन की व्यवस्था की योजना को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं हिंद्स्तान टाइम्स ने नीट और जेईई परीक्षा के मसले पर विपक्षी एकजुटता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है संक्षिप्त खबर खूंटी जिले में छापामारी अभियान में पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार किया है सभी चोरों की निशानदेही पर मुरहु थाना क्षेत्र के हेठगोवा से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया गया मुरहु तपकरा और तोरपा थाना में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के मतनाग गांव के मइला नदी में एक सवारी गाड़ी बह गई